उन्होंने बताया कि सरकार इसी वर्ष चार हजार केन्द्र खोलने की कोशिश कर रही है योग के विकास और इसे बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को योग पुरस्कार प्रदान करते हुए नई दिल्ली में श्री मोदी ने कहा कि देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोले जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष और योग फिट इंडिया अभियान के मजबूत स्तम्भ हैं इस अवसर पर श्री मोदी ने आयुष प्रणालियों के जाने माने विशेषज्ञों और चिकित्सकों के सम्मान में बारह आयुष स्मारक डाक टिकट भी जारी किए

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज देवती कर्मा के नाम मुहर लगाई इसके पहले कल हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में भी देवती कर्मा के नाम पर आम सहमति बनी थी इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए थे देवती कर्मा दिवंगत कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा की पत्नी है पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में देवती कर्मा को भाजपा के उम्मीदवार भीमा मंडावी ने हराया था इसके पहले वर्ष दो हजार तेरह के विधानसभा चुनाव में देवती कर्मा ने जीत हासिल की थी गौरतलब है कि दंतेवाड़ा सीट से भाजपा विधायक रहे भीमा मंडावी की लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माओवादी हमले में मौत हो गई थी

दंतेवाड़ा उप चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है चार सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे यहां तेईस सितंबर को मतदान होगा और सत्ताईस सितंबर को मतगणना होगी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देशभर में एक सितंबर से मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरूआत की जा रही है पहले दिन देशभर में दस लाख मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा वहीं छत्तीसगढ़ में इस दिन करीब पचास हजार मतदाताओं का सत्यापन करने का लक्ष्य रखा गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि मतदाता सत्यापन का यह कार्यक्रम एक सितंबर से शुरू होकर पंद्रह अक्टूबर तक चलेगा इस कार्यक्रम के तहत सभी मतदाता सूची में प्रविष्ट उनकी व्यक्तिगत जानकारी का डिजिटल सत्यापन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एनवीएसपी डॉट इन या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप पर कर सकते हैं इसके साथ ही दिव्यांग मतदाता जिला संपर्क केन्द्र और हेल्पलाइन एक नौ पांच शून्य के माध्यम से सत्यापन करा सकते हैं सत्यापन के लिए मतदाता अपने पासपोर्ट ड्रायविंग लाइसेंस आधार कार्ड राशन कार्ड शासकीय या अर्द्व शासकीय पहचान पत्र बैंक पासबुक किसान पहचान पत्र आदि का उपयोग कर सकते हैं जोगी एफआईआर पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी के खिलाफ बीती रात बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है यह एफआईआर जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट और दिशा निर्देश के आधार पर जिला प्रशासन की पहल पर दर्ज की गई है गौरतलब है कि उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने बुधवार को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें यह दावा किया गया है कि अजीत जोगी आदिवासी नहीं है इधर इस मामले के विरोध में आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने इस एफआईआर को असंवैधानिक करार देते हुए बिलासपुर के सिविल लाइन थाने जाकर ज्ञापन सौंपा और स्वयं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही उन्होंने ज्ञापन में हाईकोर्ट के आदेश का वह हिस्सा भी संलग्न किया जिसमें कहा गया है कि अमित जोगी कंवर जनजाति के हैं इधर इस मामले पर अजीत जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही थी इसके बाद आज ही अजीत जोगी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई जिसमें दो दर्जन से अधिक बिंदुओं का जिक्र करते हुए रिपोर्ट को गलत बताया गया है

पुलिस के मुताबिक ये सभी माओवादी श्यामगिरी और निलावाया में हुई मुठभेड़ में शामिल थे गौरतलब है कि इन मुठभेड़ों में आठ जवान शहीद हो गए थे वहीं एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी इसके अलावा इन पर हत्या विस्फोट लूट जैसे कई गंभीर वारदातों को भी अंजाम देने का आरोप है उधर बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान घायल हो गया पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि डीआरजी की टीम एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी इस दौरान जिले के कोतवाली क्षेत्र के मनकेलि गांव के पास माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया जिसकी चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया घायल जवान का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है सुपोषण अभियान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पोला पर्व के मौके पर अपने निवास से सुपोषण अभियान की औपचारिक शुरूआत की उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं को विशेष तौर पर तैयार किए गए सुपोषण किट वितरित किए इस सुपोषण किट में मौसमी फल खजूर मूंगदाल देशी चना भाजी आदि को शामिल किया गया है इस दौरान श्री बघेल ने महिलाओं को सुपोषण के महत्व की जानकारी भी दी गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है कुछ जिलों में यह अभियान शुरू हो गया है सुपोषण अभियान को महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर से पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा प्रदेश के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं में एक से पंद्रह सितम्बर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों शिक्षकों अभिभावकों स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से स्वच्छता संबंधी विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी इस पखवाड़े के दौरान एक और दो सितम्बर को स्वच्छता शपथ दिवस मनाया जाएगा स्कूल के सभी बच्चों को शपथ दिलाई जाएगी कि वे व्यक्तिगत रूप से शाला समुदाय और घर पर स्वच्छता तथा साफ सफाई के लिए कोई भी एक गतिविधि करेंगे पोला पर्व छत्तीसगढ़ का लोकपर्व पोला आज प्रदेशभर में पारंपरिक रूप से उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर किसानों ने अच्छी फसल की कामना के साथ अपने बैलों को सुंदर तरीके से सजाकर उनकी पूजा अर्चना की साथ ही छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भोग भी लगाया पोला त्यौहार कृषि संस्कृति में पशुधन के महत्व को दर्शाने वाला पर्व है आज रायपुर सहित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है अनेक जगहों पर कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं इनमें बैल दौड़ प्रमुख है वहीं बच्चों ने मिट्टी से बने बैल और अन्य खिलौनों का आनंद उठाया पोला पर्व के अवसर पर आज मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास पर भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए इस अवसर पर नर्तक दलों द्वारा प्रदेश के पारंपरिक नृत्य करमा सुआ राउत नाचा और पंथी की प्रस्तुति दी गई वहीं स्कूली बच्चे बैल का मुखौटा लगाकर और हाथों में मिट्टी और लकड़ी से बने नंदी बैल लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी इन सभी महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों से करूभात खाने की रस्म अदा की इसके बाद महिलाओं के लिए विभिन्न पांरपरिक खेल का आयोजन किया गया मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई सरगुजा संभाग में सबसे अधिक पांच सेंटीमीटर वर्षा हई है मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा से बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है इसके असर से अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग के एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है वहीं कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ छींटें पड़ सकते हैं

इस दौरान वे पुलिसकर्मियों के लिए एक सौ चवालीस आवासों वाली पुलिस कॉलोनी का लोकार्पण करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने सर्व सम्मति से सलाम रिजवी को राज्य वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया है महासमुंद जिले के तुमगांव में पुलिस ने सवा तीन लाख रूपये के नकली नोट के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है बेमेतरा में बीती रात तीन नकाबपोश युवकों ने लूट के इरादे से एक पेट्रोल पम्प के कर्मचारियों पर हमला कर दिया इस हमले में गोली लगने की वजह से एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और चित्रोत्पला लोककला परिषद की ओर से दसमत लोक नाट्य और पंडवानी लोकगाथा का आयोजन कल राजधानी के टाउन हॉल में किया जाएगा रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा प्लेसमेंट सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है